केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य को बढाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे रक्षाबंधन का पर्व कल प्रदेश में परम्परागत तरीके से मनाया जायेगा

श्रीमती राजे ने प्रदेश स्तर के साथ स्थानीय स्तर पर किये गये विकास कार्यो की जानकारी दी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शेरगढ़ क्षेत्र के शहीद सैनिकों को याद किया इससे पहले उन्होंने नवनिर्मित सेखाला पंचायत समिति का लोकार्पण किया

श्री जावड़ेकर आज पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विदेशों में अनुसंधान कर रहे प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को वापस बुलाने की कोशिश कर रही है उन्होंने विश्वविद्यालयों से शोध कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा

इस बैठक की कार्यसुची में मतदाता सुचियों की विश्वसनीयता पर चर्चा शामिल है आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के आगामी चुनावों के मईनजर सभी पार्टियों से मतदाता सूचियों में त्रटिहीनता और पारदर्शिता लाने के उपायों पर राय मांगी है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूंचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

धाम के महंत अच्युतानंद ने श्रद्धाजंलि दी इस मौके पर गृह मंत्री गुलाबचन्द कटारिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया भी मौजूद थे अस्थि कलश रथ यात्रा के बांसवाडा में प्रवेश करने के दौरान माही पुल पर ग्रामीणों ने श्रद्धाजंलि दी

बाजारों में इस त्यौहार की धूम देखने को मिल रही है विशेषकर राखी और मिठाइयों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ है इस बीच आज प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं की ओर से रक्षा सूत्र बांधने कर्क विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सेठ आनन्दी लाल पोददार मूक बधिरांध स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी बीकानेर में आज बीएसएफ मुख्यालय पर रक्षाबंधन पर्व से पूर्व विशेष आयोजन हआ जिसमें महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी जैसलमेर में आज बैलट एक्स आर्मी के जवानों को सीनियर बालिका विद्यालय की छात्राओं ने रक्षासूत्र बांधा जैसलमेर में कल सीमा जन कल्याण समिति के सदस्य सीमा चौकियों पर जाकर जवानों को राखी बांधेंगे रक्षाबंधन पर राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है

इस मौके पर संस्कृत विद्वानों के सम्मान स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम होंगे संस्कृत दिवस पर अपने संदेश में राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेश की जनता संस्कृत प्रेमियों और विद्यार्थियों का आहवान किया है कि वे संस्कृत को जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सक्रिय भागीदारी निभाये

संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज राज्यपाल प्रदेशवासियों को सम्बोधित करेगें

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किये हैं

भरतपुर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए राजसमन्द में आज भीम गुलाबपुरा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई

बैडमिंटन में पी वी सिंधू और सायना नेहवाल महिलाओं के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं स्कावॉश के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में दीपिका पल्लिकल को हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है